भारत बंद का राज्य के विभिन्न जिलों में दिखा मिलाज़ुला असर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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता बहत बड़ी है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद मिली है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि अब हमें यह सोचना होगा कि कैसे हम प्रौद्योगिक क्रांति की मदद से जीवन को बेहतर बना सकते हैं उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यापारियों के लिए बेहतर व्यापार पहुंच जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्रषि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कडी आलोचना की है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था

किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है नए कृषि कानून के विरोध में रांची के अलबर्ट एक्का चौक से विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से किसान आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से नए कानून को लागू किया जा रहा है वह उसके कारण पूरे देश में गतिरोध उत्पन्न हुआ है वहीं बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी किसान संघ की ओर से बुलाये गए भारत बंद का व्यापक असर चतरा में देखा जा रहा है यहां वाहनों की आवाजाही ठप रही साथ ही टंडवा और पिपरवाड़ कोयलांचल में भी ट्रांसपोर्टिंग बाधित रही जिससे करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है वहीं सत्ताधारी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतकर द्कानों को बंद कराने के साथ साथ सडक जाम कर वाहनों की आवाजाही भी ठप कर दी गई कृषि कानून के खिलाफ आयोजित भारत बंद का गिरिडीह में जबरदस्त असर देखा जा रहा है झामुमो कांग्रेस राजद भीम आर्मी और वामपंथी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में उतर्र हुए है सत्तारूढ़ दल झामुमो की अपील पर यहां दुकाने व्यापारिक प्रतिष्ठाने स्वतः बंद है

जिले में विपक्षियों के भारत बंद का जबरदस्त असर है जिला प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के कडे इंतजाम किये है झामुमो के गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोन ने कहा है कि खेती में ठेका कानून लागू होने से पूंजीपतियों को फायदा होगा जामताड़ा जिले के किसान उदय मंडल ने किसानों के हित में लिए गए निर्णय का समर्थन किया है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में है इससे किसानों को काफी लाभ होगा रांची के किसान तुलसी महतो ने नए कृषि कानून को लाभकारी बताया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है विभाग किसानों को लाभान्वित करने के लिए समय से पूर्व तैयार रहे क्योंकि किसान समय के साथ खेती कार्य करते हैं और अगर उन्हें लाम नहीं मिला तो उनकी मेहनत व्यर्थ चली जायेगी मुख्यमंत्री कृषि पश्पालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने एवं अधिक मुनाफा देने के लिए कोल्ड रूम के निर्माण को प्राथमिकता दें यह कार्य अधिक सब्जी उत्पादन करने वाले पंचायत में हो उन्हें बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें श्री सोरेन ने अधिकारियों से धान संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है वहीं मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन के दायरे में बढ़ोतरी करने का भी निर्देश दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवासीय विद्यालयों के परिसरों को आधुनिक मॉडल के अनुरूप बनाएं इन विद्यालयों में हॉकी फुटबॉल आर्चरी जैसे खेल मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं उन्होंने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें श्री सोरेन ने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनाने और उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जमीन विवाद के मामले में सुनवाई मंत्री चम्पई सोरेन करेंगे भू राजस्व विभाग ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मंत्री चम्पई सोरेन को अधिकृत किया है मामलों की सुनवाई कर मंत्री जमीन वापसी का फैसला करेंगे उनका निर्णय अंतिम होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में परीक्षणों से सकारात्मकता दर भी कम होकर दो दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गई है देश में विश्वा स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रति दस लाख आबादी के लिए निर्धारित मानकों से पांच गुना अधिक दैनिक जांच की जा रही है देश में इस समय कोविड नमूनों की जांच के लिए दो हजार दो सौ दस प्रयोगशालएं हैं जबकि साल के शुरुआत में सिर्फ एक प्रयोगशाला थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले बहरागोड़ प्रखंड से पैंतालीस महिला कृषि मित्रों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है

डीवीसी द्वारा एक बार फिर बिजली कटौती किए जाने का नोटिस मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से डीवीसी को एक सौ पचास करोड़ रूपये के भुगतान की तैयारी की जा रही है निगम के ईडी के के वर्मा ने बताया कि प्रबंधन प्ररी तरह प्रयासरत है कि डीवीसी को नियमित रूप से भुगतान होता है चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में बिजली विभाग पर गलत बिल देने का आरोप लगाते हुए लोगों ने त्राहीमाम पत्र के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है फतहा गांव के लोगों ने बिजली विभाग पर बिना मीटर चालू किए हजारों रूपये बिजली बिल थमाने का आरोप लगाया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के जावाबाड़ जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसके बाद विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसी बीच दुमुहान पूल के पास माओवादियों द्वार छिपा कर रखे गए नौ आईईडी बम और तार बरामद किए गए

मृतक एक मजदूर था और मिट्टी की ढुलाई कर रहा था